आज नई दिल्ली में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में श्री प्रभू ने कहा कि निर्यात क्षेत्र को देश की आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण घटक बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए रणनीति बनायी जा रही है श्री प्रभू ने उम्मीद जतायी कि हाल ही में घोषित कृषि निर्यात नीति से कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढावा मिलेगा

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे सदन में पेश करेंगे इस विधेयक में एक साथ तीन तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान है विधेयक में तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने का भी प्रावधान है जिसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है

हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक युनियंस यूएफबीयू द्वारा किया गया इस संगठन में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक कर्मचारियों के कुल नौ संगठन शामिल हैं निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं एक सप्ताह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यह दूसरी हड़ताल है पिछले शुक्रवार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी संघ ने इस विलय के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की थी

इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि आज से किसानों को सरकारी काउंटर से यूरिया का वितरण शुरू कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि अगले दो दिनों में जिले को एक हजार टन यूरिया की आपूर्ति और कर दी जायेगी इस बीच बाजार में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है किसानों के साथ बाजार में यूरिया की खरीद में किसी भी तरह की ठगी न हो इसके लिये विभाग ने जिलेभर में सतर्कता दल गठित किये है

जिनमें से ज्यादातर ने अपने नये जिलों की कमान संभाल ली है जयपुर के जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने भी आज अपना कार्य संभाल लिया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी

सर्किट हाउस में मीडिया से विशेष बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को भरतपुर में मिली पराजय के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक में समीक्षा की जाएगी उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी

कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने ख्वाजा साहब की पवित्र मजार पर यह चादर पेश की और प्रदेश में अमन शांति और तरक्की की दुआ मांगी श्री सिंह को खादिम सैययद मुकददस मोईनी ने जियारत कराई और उनकी दस्तारबंदी उन्हें तबर्रूख भेंट किया

पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना नाम जांच कर जरूरी संशोधन करवा सकेंगे

आशा सहयोगिनियों के जीवन बीमा की राशि का भुगतान स्वास्थ्य विभाग करेगा

उनका कल देर रात निधन हो गया था

श्री बागोरा के निधन की सूचना के बाद सांसद हरिओम सिंह राठौड विधायक किरण माहेश्वरी विधायकसुरेन्द्र सिंह राठौड़ विधायक गुलाबचंद कटारिया और धर्मनारायण जोशी ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पचक अर्पित कर पुष्पांजलि दी

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

केन्द्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता पुर्ण में आयोजित होगी कर्नल राठौड़ ने कहा कि देश आगामी ओलम्पिक और एशियन गेम्स के लिए पूरी तैयारी कर रहा है

भारत के दोनों विकेट तेज गेंदबाज पैट क्यूमिन्स ने लिए

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति अभी जारी रहेगी और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा कुछ क्षेत्रों में आने वाले दिनों में कोहरा छाये रहने की भी आशंका है प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी से लोगों की दिनचर्या पर असर पड रहा है कोहरे की वजह से जयपुर हवाई अडडे पर विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है चूरू में आज पारा जमावबिन्दु पर पहुंच गया

इसी तरह श्रीगंगानगर भीलवाडा पाली जयपुर बीकानेर ब्रंदी कोटा सवाईमाधोपुर बाडमेर चित्तौडगढ डबोक और अजमेर में पारा दस डिग्री सैल्सियस से नीचे रहा

नागौर के सिणोद गांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र के ए एन एम को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एपीओ कर दिया गया है

नागौर के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के छात्र देवेश पुरोहित का राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है